जाबली पंचायत के कोटी स्थित माता स्वर्ग परी मंदिर में आयोजित मेले के समापन अवसर पर उन्होंने ये बात कही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क स्वास्थ्य शिक्षा व पेयजल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कृतसंकल्प है सैजल ने स्वर्ग परी मंदिर परिसर में शैड निर्माण के लिए अपनी ऐच्छिक निधि से तीन लाख रुपए देने की घोषणा भी की राम स्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कल दिल्ली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकर से शिष्टाचार भेंट की और प्रदेश हित में उनके पहले विदेश दौरे को उनके दूरगामी सोच वाला फैसला बताया रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि उनका ये दौरा निवेशकों को ग्लोबल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर मीट में आकर्षित करने के लिए मददगार साबित होगा विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री को सलाह देने के बजाए पार्टी की मौजूदा स्थिति पर मंथन करें रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि चारों लोकसभा सांसद और राज्यसभा सदस्य जेपी नड्डा मिलकर प्रदेश की मांगों और जरूरतों को संसद में उठाएंगे

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सोसायटी द्वारा जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए ये एक अनूठी पहल है और इसमें सभी को अपनी भागीदारी निभानी चाहिए सुरेश कश्यप ने कहा कि दसवें गुरु श्री गोबिंद सिंह जी द्वारा लंगर की परंपरा शुरू की गई थी ताकि सब एक साथ बैठ कर भोजन करें जिससे भाईचारा सदभावना और पारस्परिक सहयोग की भावना उत्पन्न होती है इससे पहले उन्होंने गुरुद्वारा में शीश नवाया आयोग राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष मनहर वालजी भाई ज़ाला ने कहा है कि सफाई कर्मचारियों के सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान के लिए आयोग प्रतिबद्ध है आज शिमला में जिला स्तर के विभिन्न अधिकारियों के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सभी को सफाई कर्मचारियों के प्रति अपने दुष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए जाला ने अधिकारियों का सफाई कर्मचारियों के हित में राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं को लक्षित वर्गों तक पहंचाने का अधिकारियों से आहवान किया

मनाली लेह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली लेह मार्ग आज से सेना व कल से छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है ये मार्ग भारी बर्फबारी के कारण करीब आठ महीने तक बंद रहा हालांकि बड़े वाहनों और बसों की आवाजाही के लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा

मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बढ़ते तापमान से पहाड़ों की तपिश भी बढ़ने लगी है कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से दो से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ है चिलचिलाती गर्मी से जहां मैदानी इलाकों में लोगों को दिन के समय घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है वहीं कुछ क्षेत्रों में पेयजल किल्लत का सामना भी करना पड़ रहा है

गर्मी से राहत पाने के लिए पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटकों ने प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों का रूख कर लिया है सैलानियों की बढ़ती आमद से शिमला सहित मनाली रोहतांग और मैकलोडगंज में ट्रैफिक जाम से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हालांकि मौसम विभाग ने अगले दो दिन में ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा व हिमपात जबकि निचले मैदानी इलाकों में गरज के साथ वर्षा की संभावना जताई है शिविर सिरमौर जिला के संगड़ाह उपमंडल की कोटी धीमान पंचायत में कल विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया जिसमें लोगों को कानून के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी गई मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रताप सिंह ठाकुर ने शिविर की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कानून की जानकारी खासतौर पर आर्थिक अभाव के कारण न्यायालय में आने वाले लोगों को मुफ्त कानूनी जानकारी उपलब्ध करवाना जरूरी है